राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कृंजी है लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे

वहीं दो हजार दो सौ बैयालीस सक्रिय केस हैं

केन्द्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों में राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है हालांकि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने हालात के हिसाब से पाबंदियों पर फैसला ले सकते हैं केन्द्र की यह गाइडलाइन एक दिसंबर से लागू होगी केन्द्र ने कहा है कि अबतक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखना है राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है

वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे उनके निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रकट किया है श्री सोरेन के अलावा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव के रांची स्थित आवास पर एक श्रद्वांजलि सभा आयोजित कर डॉ उरांव के अलावा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मंत्री बादल पत्रलेख बन्ना ग्रप्ता विधायक प्रदीप यादव सहित कई नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यापर्ण कर और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी

आरोप है कि पिछले छह माह में केन्द्र सरकार द्वारा कार्डधारियों के लिए जो अतिरिक्त अनाज भेजा गया था उनमें से तीन महिने के अनाज का वितरण लाभुकों के बीच नहीं किया गया है जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

इस समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अति महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के निर्माण में होनेवाले खर्च में केन्द्र और राज्य की पचास पचास प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही राज्य के वैसे जिला मुख्यालयों जहां अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है उसे रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदन में दिये गये हैं इसके अलावा महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर के तौर पर शुरू करने के संबंध में विस्तृत सुझाव दिये गये हैं

यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है

नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस दिन को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी

वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश एन एन तिवारी शामिल हुए परिचर्चा में पीआइबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ अजय सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ धीरेन्द्र तिवारी अलीगढ़ मुश्लिम विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ एस तहसीन रजा ने भी अपने विचार व्यक्त किये

जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल देर रात छतरपुर के एसडीपीओ शंभु कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पचहत्तर मवेशियों के साथ पांच तस्करों को गिरफतार किया

पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में तीन बच्चो सहित एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में पूलिस ने दस आरोपियों को गिरफतार किया है डेढ महीने पहले मृतकों के रिश्तेदार ने परिवार के सभी लोगों लापता होने संबंधी एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी अनुसंधान के कम में आज पुलिस ने सभी मृतकों के कंकाल जंगल से बरामद किया पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया है साइबर अपराध के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है देवघर जिले में पुलिस ने दस साइबर अपराधियों को गिरफ़्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन शातिर अपराधियों के पास से चौदह लाख रूपये से अधिक नगद दो चार पहिया वाहन चार बाइक बाइस मोबाइल फोन और पच्चीस सिम कार्ड बरामद किये गये हैं

इस घटना में दोनो पक्षों के चार लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है प्रर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा स्थित साईं मंदिर प्रांगण में चित्रग्रप्त मंदिर का शिलान्यास किया गया

इस फीडर से दस हजार से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा चतरा जिले में बकाया मानदेय भूगतान को लेकर वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों ने प्रदर्शन किया